ढ़ाई हजार से अधिक लोगों की जा रही है विशेष निगरानी

राज्य सरकारों को सभी सीमाओं को सील करने का दिया आदेश

गांव में ही चौदह दिनों के आइसोलेशन में रखे जायेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर पन्द्रह हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में चार नये मामले प्रकाश में आये ये सभी प्रदेश के पहले कोरोना संक्रमित मरीज का मुंगेर में इलाज करने वाले एक निजी अस्पताल के कर्मी हैं ये सहरसा बेग्सराय खगड़िया और मुंगेर के रहने वाले हैं इन सभी का भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है मुंगेर के इसी मृतक के सम्पर्क में आने वाले ग्यारह लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के निर्देश के बाद मुंगेर के उस निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है जहां कोरोना पीड़ित व्यक्ति का इलाज हुआ था उन्होंने बताया कि अन्य सभी पीड़ितों के रहने के स्थान के पांच किलोमीटर के दायरे को सील कर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है बिहार में दो पॉजिटिव मरीजों की उपचार के बाद जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है एनएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों की एक बार फिर जांच करवायी जायेगी एक बार फिर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें छूट्टी दे दी जायेगी इधर देशभर में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार दस हो गयी है एक सौ दो मरीजों को उपचार के बाद छटटी दे दी गयी है जबकि सत्ताईस लोगों की मौत हो च्रकी है कोरोना के संक्रमण की आशंका को देखते हये पन्द्रह मार्च के बाद विदेशों से बिहार आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी गयी है ऐसे लोगों की संख्या लगभग पांच हजार है इनमें पूर्वी चम्पारण में सबसे अधिक छह सौ तिरपन दरभंगा में पांच सौ अड़तालीस छपरा में चार सौ अठहत्तर मुजफ्फरपुर में दो सौ अठहत्तर और सीवान में दो सौ संतावन यात्री विदेशों से आये हैं इधर प्रदेश में ढ़ाई हजार से अधिक लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इनमें सबसे अधिक छह सौ अड़तालीस लोग सीवान जिले के हैं श्री कुमार ने बताया कि निगरानी में रखे गये दो सौ इक्कीस लोगों ने निगरानी की चौदह दिन की अवधि पूरी कर ली है केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को चौदह दिन के क्वारेंटीन में रखा जायेगा इस संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश निर्गत किया है आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे वहीं बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोकने के लिए राज्यों और कोन्द्र शासित प्रदेशों से कदम उठाने को कहा गया है राज्यों की सभी सीमाओं के सील करने का आदेश दिये गये हैं साथ ही लॉकडाउन के कारण फंसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को अस्थायी आश्रय गृह भोजन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है बिहार के बाहर से आने वाले कामगारों को अब उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर शाम इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश जारी किया पहले विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कामगारों के रहने की व्यवस्था की गयी थी बाद में इस आदेश में परिवर्तन किया गया बाहर से आने वाले लोगों को उनके गांवों में बनाये गये आश्रय स्थल पर चौदह दिन रखा जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि चौदह दिन की अवधि प्ररी होने के बाद ही लोगों को उनके घर जाने की अनुमति होगी इस दौरान उनके स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जायेगी श्री अमृत ने बताया कि इन सभी का निबंधन और स्क्रींनिंग हो रहा है तथा इसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी और मुखिया को दी जा रही है इधर परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए साढ़े पांच सौ बसों की व्यवस्था की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को भोजन आवास और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है उन्होंने इसके लिए सभी राज्यों में अलग अलग नोडल पदाधिकारी बनाकर समन्वय करने का निर्देश दिया नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष में कल दो हजार पांच सौ फोन कॉल आये एक लाख पन्द्रह हजार लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की गयी है गूगल डॉक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नौ हजार आवेदनों पर भी कार्रवाई की गयी है बिहार भवन के रेजिडेंट आयुक्त विपिन कुमार अन्य राज्य सरकारों के तालमेल से देश के विभिन्न भागों में फंसे कामगारों के लिए भोजन आश्रय कक्ष और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं श्री कुमार ने बताया कि इन कामगारों को सहायता पहुंचाना बिहार सरकार की प्राथमिकता है

इन नम्बरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड श्रृन्य एक एक लगाना होगा गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे बंद की अवधि के दौरान कोई भी कटौती किए बगैर निर्धारित तिथि को कामगारों को पूरा वेतन दें और मकान मालिक इस अवधि का किराया न लें उन्होंने यह भी कहा कि कागगारों को स्थान खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लॉकडाउन के कारण लोगों की परेशानियों को जल्द दूर करने की दिशा में उपाय सुझाने के लिए दस अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है ये समितियां प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा के मार्गदर्शन में काम करेंगी आधिकारिक सूत्रों ने कहा ये समितियां न्यनतम समय सीमा में स्वास्थ्य सेवा सहित अपने अपने क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने की रणनीति पर भी काम करेंगी कोविड नाईनटीन संकट को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना उन्नीस सौ बावन में संशोधन किया है ताकि सदस्यों को ऐसी अग्रिम निकासी की अनुमति मिल सके जिसे चुकाने की जरूरत न हो इस संक्रमण के बाद तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते अथवा सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा राशि का पचहत्तर प्रतिशत तक हिस्सा निकाला जा सकेगा यह व्यवस्था इस महीने की अठाईस तारीख से प्रभावी होगी गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के बीच अंतर किए बिना सभी माल को लाने ले जाने की अनुमति देने को कहा गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाचार पत्रों की आपूर्ति की जानी चाहिए भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और छोटे आकार के पार्सल में अन्य माल को लाने ले जाने के लिए विशेष पार्सल रेलगाड़ियां चलाएगा इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं

आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अमी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है साथियो मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि पिछले पांच दिनों के अन्दर एक सौ अस्सी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तीन सौ दस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं पांच हजार गाड़ियां जब्त हुई हैं और एक करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है श्री पांडेय ने लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है नेपाल से सटे बिहार के सात सीमावर्ती जिलों में कोरोना के संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए सरकार विशेष अभियान शुरू कर रही है इन जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की स्क्रींनिंग करेंगे खास कर उन लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जायेगी जो पिछले दिनों नेपाल से लौटे हैं पटना में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए दस हजार बेड के क्वारेंटाईन सेन्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पाटलिपुत्र खेल परिसर और सभी बड़े निजी स्कूलों को ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है प्रदेश के कोरोना अस्पताल पटना के एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों को उनके परिजन अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकेंगे मुख्य सचिव के निर्देश पर आइसोलेशन वार्ड में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा सार्जेंट और सहायक काराधीक्षक के दो हजार चार सौ छियालीस पदों के लिए छब्बीस अप्रैल को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है लॉकडाउन के मद्देनजर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने नये शैक्षणिक सत्र के पहली तिमाही का शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ा दी है अब अभिभावक तीस अप्रैल के बाद शुल्क जमा कर सकेंगे बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिलेड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में तीन करोड़ रूपये देने का फैसला किया है निगम के कार्यपालक निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने यह जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड नाईनटीन से सुरक्षित रहने के लिए सभी ब्रनियादी एहतियाती उपायों का पालने करें बाईट लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को बुनियादी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने की सलाह दी है कुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को समाजिक दूरी से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और इकट्टा होने से बचना चाहिए इस दौरान सभी अपनों घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबुन और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

हम साथ हम साथ मिलकर इस वायरस से लड़ सकते हैं जरूरत है एहतियात बरतने की और खुद को सुरक्षित रखने की

संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से पीड़ित एक बच्चे की मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मौत हो गयी शिशु रोग विभाग के डॉक्टर गोपाल सहनी ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पूर्वी चम्पारण जिले की एक अन्य बच्ची का अभी इलाज चल रहा है चैती छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा कल उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद चार दिनों का यह महापर्व सम्पन्न हो जायेगा इस बार लॉकडाउन के मद्देनजर नदी और तालाब के घाटों पर छठ पूजा का अनुष्ठान नहीं हो रहा है लोग अपने घरों में कुण्ड बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं कैमूर वन अभ्यारण्य में एक बाघ के होने की पुष्टि हुई है पर्यावरण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्रैपिंग कैमरे में पहली बार बाघ नजर आया है इसे नर बाघ बताते हुये मादा बाघ की खोज शुरू कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों को चौदह दिनों तक गांवों में बने आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है प्रभात खबर ने लिखा है दिल्ली और दूसरी जगहों से आ रहे लोगों को अब घर तक पहुंचायेगी राज्य सरकार हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार के बाहर से लौटे लोग कैम्प में रहेंगे दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है संक्रमित के सम्पर्क में आये संदिग्धों की हो सघन जांच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज की प्रमुख सुर्खी है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चार और नये मामले की पुष्टि

ढ़ाई हजार से अधिक लोगों की जा रही है विशेष निगरानी

राज्य सरकारों को सभी सीमाओं को सील करने का दिया आदेश

गांव में ही चौदह दिनों के आइसोलेशन में रखे जायेंगे